उन्होंने कहा कि जिस फलोदी शहर को अब तक साल्ट सिटी के नाम से पहचाना जाता था उसे अब भड़ला में सोलर पार्क की स्थापना के बाद सोलर सिटी के नाम से जाना जाएगा

उन्होंने कहा कि भड़ला में सोलर पार्क स्थापित किए जाने के बाद इस क्षेत्र के विकास को गति मिली है

क्षेत्र में गुरूवार को कावड़ यात्रा पर पथराव की घटना के बाद कस्बे में तनाव बना हुआ था कस्बे में आगजनी की घटना के बाद स्थिति बिगड़ने पर वहां अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया स्थिति पर काबू पर पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोडने पडे जिला पुलिस अधीक्षक योगेश दाधीच ने आकाशवाणी को बताया कि शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है पुलिस महानिरीक्षक बीजू जार्ज जोसफ ने भी मौके पर पहुंच कर हालात का जायजा लिया

उसके बाद बेणेश्वर धाम पहुंचेगी जहां गृहमंत्री गुलाबचन्द कटारिया की उपस्थिति में श्री वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा

अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपने जवाब में यह भी कहा कि संबंधित स्थानों पर खूलने वाली इन वाणिज्यिक अदालतों में अलग से कर्मचारियों और अधिकारियों के पद सुजित कर दिए हैं

रोइंग में देश को एक स्वर्ण और दो कांस्य पदक मिले झुन्झुन् जिले के ओम प्रकाश और उनकी टीम के अन्य सदस्यों स्वर्ण सिंह दत्तू भोकानल और सुखमीत सिंह की टीम ने क्वाड्रपल स्कल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता